इधर हमारे कोटा से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि रेस्क्यू के दौरान पांच लोगों के शव बरामद हो चुके हैं ये सभी लोग नाव में सवार होकर बुंदी जिले में कामेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे नाव कुछ दूर जाने पर ही पलट गई कुछ लोग तैरकर किनारे आ गए मौके पर पुलिस के आलाधिकारी मौजूद हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे को बेहद दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है श्री गहलोत ने कोटा प्रशासन से बात कर घटना की जानकारी ली है मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदद के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की विकेन्द्रिकृत खरीद योजना के तहत गेहूं की खरीद को समर्थन मूल्य पर चरणबद्व रूप से शुरू किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा खरीद हो सके उन्होंने भूमि विकास बैंकों के केन्द्रीय सहकारी बैंकों में विलय के प्रस्ताव का परीक्षण करने के भी निर्देश दिए श्री गहलोत ने सहकारी संस्थाओं के चुनाव का समय तय कर निर्वाचन प्रकिया पूरी करने को कहा वहीं सहकारी संस्थाओं में खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं

प्रशासनिक विभाग की ओर से जारी आदेश मे कहा गया है कि ट्रांसफर में सभी आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे

इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर लोगों से कहा है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए जागरूकता बढाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि हमें खतरनाक रसायनों से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर ओजोन परत की रक्षा करनी चाहिए कार्बन उत्सर्जन को भी कम करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है